उन्होंने कहा है कि बजट प्रत्येक नागरिक को वित्तीय रुप में सशक्त बनाएगा टेलीविजन पर एक सबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने चार क्षेत्रों कृषि अवसंरचना कपड़ा और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें उन्होंने कहा कि बजट में कृषि के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि परंपरागत तरीकों के साथ बजट से बागवानी मछली उद्योग और पशुपालन में मूल्य संबर्धन होगा और रोजगार बढ़ेगा उन्होंने कहा कि समुद्री अर्थव्यवस्था के अंतर्गत युवाओं को मछली प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे उन्होंने कहा कि आध्रनिक बुनियादी ढांचा नए भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में भी रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे श्री मोदी ने कहा कि एक सौ लाख करोड़ रुपये की पैंसठ परियोजनाओं के निर्माण से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति से भी व्यापार जगत को लाभ पहुचेगा श्री मोदी ने कहा कि बजट से न्यूनत्म सरकार और अधिकतम शासन की सरकार की वचनबद्धता और मजबूत हुई है उन्होंने कहा कि बजट स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करते हुए देश के युवाओ को नई ऊर्जा प्रदान करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में घोषित करदाता चार्टर करदाताओ के अधिकारों को स्पष्ट करेगा श्री मोदी ने कहा कि बजट से आय और निवेश मांग और खपत में वृद्धि होगी और वित्तीय प्रणाली तथा ऋण के प्रवाह में नई ताकत आएगी

केंद्रीय बजट दो हजार बीस इक्कीस में कृषि और किसानों के हित को बढ़ावा देने के लिए सौलह सूत्रीय कार्ययोजना का प्रस्ताव किया गया है दो हजार बाइस तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि बजट का ज्डेष्य लोंगो की आय और उनकी कय शक्ति बढ़ाना है पानी के संकट वाले जिलों के लिए व्यापक उपायों का प्रावधान किया गया है क्रषि ऋण का लक्ष्य पंद्रह लाख करोड़ रुपये रखा गया है बीस लाख किसानों को अपना सोलर पंप लगाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें बंजर भूमि पर सौर इकाई लगाने और बिजली ग्रिडों को विद्युत आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएगी ग्रामीण युवाओ के रोजगार के लिए मत्स्य क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा श्रीमती सीतारमण ने कहा कि खराब होने वाले उत्पादों को समय से पहुंचाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किसान रेल योजना शुरु की जाएगी उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयनमंत्रालय राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान योजना शुरु करेगा इससे पूर्वोत्तर और जनजातीय जिलों को विशेष मदद मिलेगी वित्तमंत्री ने कहा कि नावार्ड की पुनवित्त योजना का विस्तार किया जाएगा दो हजार उन्नीस बीस के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर छह से साढ़े छह प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश में कारोबार को आसान बनाने के लिए और अधिक सुधारों की जरुरत है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल संसद में रखे गए सर्वेक्षण में निचले स्तर पर उद्यमिता और संपदा सृजन पर बल दिया गया है सर्वेक्षण के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर का बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन बेहतर होना आवश्यक है मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओ से कहा कि सर्वेक्षण में समपदा सूजन पर जोर दिया गया है

उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के पास उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा भूमि बैंक है और इसलिए कृषि एवं बागवानी और संबद्ध क्षेत्रों पर्यटन और वस्त्र एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों में बहुत अधिक संभावनाए है जिनका लाभ उठाने की आवश्यकता है और इन लाभों को किसानों बुनकरों कारीगरो टूर गाइडों आदि तक पारित किया जाना है ये बात श्री मेन ने कल राज्य विधानसभा में दोरजी खांडू सभागार में आयोजित अरुणाचल प्रदेश सामाजिक उद्यमिता सम्मेलन दो हजार बीस के समागन सवमें कहा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में उद्यमिता और उद्योगों के लिए अनुकूल करोबारी माहौल बनाने के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में निवेश आकर्षित करने पर बहुत जोर दिया है योजना सचिव हिमांशु ग्रुप्ता ने कहा कि सामाजिक उद्यमिता सम्मेलन को आयोजिक करने का मुख्य उद्देश्य नए उद्यम की पहचान करना है जो सरकार को नई उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है